संस्थान की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ने से समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है उन्होंने कहा कि लागत लेखाकार कारोबारी गतिविधियों के दौरान विनिर्माण और पूंजी के बेहतर इस्तेमाल के संबंध में अहम सलाह देते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आने वाले दशक में देश में विनिर्माण गतिविधियां तेज होने से लागत लेखाकारों की भूमिका बढ़ेगी

ये हैं किसान नेता राम शकल लेखक और स्तंभकार राकेश सिन्हा वास्तुकार रघ्नाथ महापात्रा और शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह गौरतलब है कि राज्यसभा की चार सीटें क्रिकेट खिलाडी सचिन तेंदूलकर जानी मानी अभिनेत्री रेखा सामाजिक कार्यकर्ता अन् आगा और जाने माने वकील केपरासरन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुई थीं

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

उन्होंने कल जयपुर में जीएसटी को लेकर व्यापार और उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों की समस्याएं और सुझाव सुने तथा भरोसा दिलाया कि सभी वाजिब सुझावों पर विचार किया जायेगा कार्यकम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेष शर्मा भी उपस्थित थे

उन्होंने कहा कि जीएसटी एक ईमानदार तथा पारदर्शी व्यवस्था की ओर बढाया गया कदम है कार्यकम के बाद पत्रकारों से चर्चा में श्री गोयल ने कहा कि सरकार कंपनी लॉ के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए उसमें जरूरी बदलाव करेगी

यदि स्थानीय लोग भामाशाह और विशेषज्ञ साथ मिलकर आगे आएं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विश्वविद्यालय स्थापित करने का सपना साकार हो सकता है श्रीमती राजे कल जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय में डॉल्स म्यूज़ियम के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थी

आज भी दो पारियो में लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है

जयपुर जिले में कोटपुतली के दातिल गांव में कल मूर्ति अनावरण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गांवों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाए बनाई हैं और अब गांवों का पैसा सीधे गांवो में भेजा जा रहा है कर्नल राठौड ने कहा कि गांवों के विकास के लिए हर साल बजट भी बढाया जा रहा है